स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक खंड शिक्षा अधिकारी खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी व स्क्ल म्खियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्क्ल बंद रहने के दौरान स्कूल परिसर को संक्रमण म्क्त करने के लिए अच्छे से सैनेटाइज करना स्निश्चित करें इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल मुखिया तथा प्रबंधक जिम्मेवार होंगे हरियाणा में कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण श्रू हो गया है आज हिरयाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अम्बाला छावनी में परीक्षण में परीक्षण के दौरन कोवाक्सीन की डॉज़ दी गई वे वैक्सीन के तीसरे सचरण के परीक्षण के लिए राज्य के पहले वलंटियर बन गये है वैक्सीन देने के बाद उन्हें क्छ समय तक निगरानी में रखा गया इससे पहले अस्प्ताल में उनके क्छ टेस्ट किये गये जहां उन्हें यह डॉज़ दी गई

मन्ष्य पर कोवाक्सीन का परीक्ष्ण पीजीआई रोहतक में ज्लाई श्रू हो गया है एक सवाल के जवाब मे श्री विज ने कहा कि वो ऐसी किसी भी बीमारी कसे पीड़ित नहीं है जिसका वैक्सीन लेने के बाद प्रतिकूल प्रभाव पड़े

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनकी फसल का मूल्य देने हेत् हैफेड दवारा प्रत्येक जिले में बाज़ार खोले जायेंगे इन बाज़ारों में डेयरी उत्पादों के साथ साथ रोज़मर्रा की वस्त्यें भी रखी जायेगी सहकारिता मंत्री ने कहा कि वीटा ब्रथों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश में सभी आयुक्तों को लिखा गया है इन ब्थ पर न केवल द्वध उत्पाद बल्कि सब्जी व फल भी बेचें जायेंगे डा बनवारी लाल आज करनाल में डॉ मंगलसेन ओडिटोरियम में सहकारिता पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे कार्यक्रम की श्रूआत सहकारिता का ध्वज फहराकर की गई मंत्री व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वतिल किया और सहकारिता के प्रसंघ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस अवसर पर म्ख्यमंत्री मनोहर लाल का ऑडियो संदेश सुनाया गया और सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कार्यो की लघु फिल्म भी दिखाई गई

ये फार्म म्ख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं

हरियाणा के कृषि मत्री जे पी दलाल ने भिवानी महेन्द्रगढ़ नारनौल व दादरी क्षेत्र के किसानों को अरिंड की खेती अपनाने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि अरिंड का तेल निकालने के लिए कोल्ह् लगाने हेत् कृषि विभाग व प्रदेश सरकार मात्र तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण म्हैया करवा रही है कृषि मंत्री आज भिवानी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे आज देशभर में छठ पूजा का त्यौहर परम्परागत तरीके और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज शाम श्रद्धालुओं ने संध्या अर्घ्य देकर सूर्य को नमन की कल सुबह प्रात आर्घ्य के साथ यह पर्व सम्पन्न होगा छठ पूजा का यह त्यौहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी देवी उषा के पूजा को समर्पित है छठ प्रजा पर बधाई देते हये राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहाकि आज लोग सूर्य देवता को नमन करते हये देश की नदियों के किनारे पूजा अर्चना करके यह त्यौहर मना रहे है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हये सावधानियां बरतते हये यह त्यौहार मनाना चाहिए उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू और सूचना एवं प्रसाण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्जा पर लोगों को बधाई दी है उधर हरियाणा के यमुनानगर में भी छठ पूजा का त्यौहर पूरी श्रद्धा से मनाया गया हरियाणा के कृषि एवं पश्पालन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रू की गई पश्धन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हरियाणा ने देश में अबतक सर्वाधिक एक लाख से अधिक कार्ड बनाने का कार्य किया है

भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुरेश भद्द को उतंराखंड में नई जिम्मेदारी देने के बाद आज पंचकूला में उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर हरियाणा के म्ख्मयंत्री मनोहर लाल ने विशेष तौरपर शिरकत की

हरियाणा के परिवहन मंत्री मुल चंद शर्मा ने कहा है कि बिना परमिट और बीमा के चलने वाले अवैध वाहनों पर संख्त कार्रवाई की जायेगी परिवहन मंत्री ने यह बात चंडीगढ़ में परिवहन विभाग में ऑनलाइन तबादला अभियान के श्भारंभ के अवसर पर कही उन्होंने कहा कि अवैध वाहनों की जांच के लिए सम्बधित डिप् महाप्रबंधक और जिला परिवहन अधिकारी दवारा संयुक्त टीमें बनाकर टोल प्लाजा पर नाके लगाये जायेंगे